इसी कड़ी में आज भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर नुरपूर हलके के सुलयाणी में अनुसूचित जाति के सम्मेलन को संबोधित करेंगे मंडी संसदीय क्षेत्र से रामस्वरूप शर्मा करसोग के अनेक क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे वहीं मंडी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा आज कुल्लू ज़िला में चुनाव प्रचार करेंगे वे आज मनाली विधानसभा क्षेत्र के काईस हिरनी हरिपुर जगतसुख व बाहंग में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से पवन काजल शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के बसनौर अनसुही लदवाड़ा क्षेत्रों में लोगों को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह आज व कल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के उना जिला में पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाकुर के पक्ष में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे

इस दौरान पात्र व्यक्ति अपना पंजीकरण करवाकर मतदान का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं राज्य सूचना व जनसंपर्क विभाग के निदेशक हरबंस सिंह ने सभी नए मतदाताओं से मतदान कर सशक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने का आग्रह किया है विरासत आज विश्व विरासत दिवस है

इसका उद्देश्य मूल्यवान संपत्ति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और रक्षा के लिए लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को की पहल पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई जोकि विश्व के सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है

इस मौके पर प्रदेश भर में भी ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए रखने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे दूरसंचार जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में करीब छह माह से दूरसंचार सेवाएं बाधित होने से स्थानीय लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लाहौल स्पीति से हमारे प्रतिनिधि कुंदन शर्मा ने बताया कि घाटी के अधिकतर क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क न होने से जहां सरकारी कार्यालयों का ऑनलाईन कार्य भी प्रभावित हुआ है वहीं जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी व ऑन लाईन आवेदन करने वाले युवाओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है

इसका आयोजन ऊर्जा निदेशालय के ब्यूरो ऑफ एनर्जी व सोशियो सर्विस आर्ट ग्रुप नई दिल्ली ने किया है ग्रुप के सचिव अनिल राजदान ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से युवा पीढ़ी को ऊर्जा संरक्षण की दिशा में प्रेरित करना है

इन मतदाताओं के मत पत्रों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ऊना ज़िला निर्वाचन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है मौसम प्रदेश के जनजातीय जिलों सहित उंची चोटियों पर हुए हिमपात और निचले क्षेत्रों में हुई वर्षा से प्रदेश में शीतलहर बढ़ गई है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है बारिश तूफान व ओलावृष्टि से राज्य के कई क्षेत्रों में फसलें तबाह हो गई हैं मौसम के इस बदले मिजाज से शिमला किन्नौर लाहौल स्पीति डलहौजी मनाली जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में पारा गिर गया है जिससे लोगों ने ठंड के चलते गर्म कपड़े निकाल लिए हैं हालांकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली है मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश व ओलावृष्टि हो सकती है जबकि कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती को दूसरा नोटिस जारी करने से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सतपाल सत्ती को एक और नोटिस दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक सत्ती ने एक मामले में भेजा जवाब दूसरे में नोटिस हिमाचल दस्तक के अनुसार सतपाल सत्ती को ईसी का दूसरा नोटिस मौसम पर अमर उजाला लिखता है बारिश बर्फबारी से कांपा आधा हिमाचल तूफान ओलों से फसलें तबाह पंजाब केसरी की सुर्खी है गर्मी के मौसम में कपकपी पहाड़ों पर हिमपात से गिरा पारा दिव्य हिमाचल का कहना है चूड़धार पर बर्फबारी गर्मियों में सर्दी का एहसास आपका फैसला के मुताबिक बारिश व बर्फबारी से बढ़ी ठंड आंधी से फसलें बर्बाद अजीत समाचार के शब्द हैं रोहतांग दर्रे पर ताजा हिमपात अमर उजाला की एक खबर है सड़क से जुड़ा विश्व का सबसे उंचा मतदान केंद्र हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी दागी अधिकारियों की सूची शीर्षक से पंजाब केसरी व दैनिक जागरण ने खबर को प्रकाशित किया है दिव्य हिमाचल की एक खबर है शनिवार को खोल दी जाएगी रोहतांग टनल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से आपका फैसला लिखता है पंडित सुखराम की सोच अपने परिवार तक सीमित